यहां कांग्रेस और भाजपा दोनो ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ॅअपनी पूरी ताकत झोंक रखी है

उधर मंडावा विधानसभा सीट पर भी मुकाबला रोचक बना हुआ है यहां कांग्रेस और भाजपा ने महिला प्रत्याशियों पर दाव खेला है कांग्रेस ने जहां एक बार फिर रीटा चौधरी को मैदान में उतारा है वहीं भाजपा ने सुशीला सीगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है हालांकि रीटा चौधरी यहां से लगातार दो चुनाव हार चुकी है भाजपा प्रत्याशी सुशीला सीगडा के समर्थन में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी सहित कई पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए है इधर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की जीत के लिये पूरा दमखम लगा रही है इसके चलते कल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडावा में चुनाव प्रचोर किया

निर्वाचन विभाग की ओर से ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है

अन्य सम्पत्ति संबंधी प्रावधानों को राज्य सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों की जटिलता समाप्त होगी और लोगों को इसके प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे राज्य सरकार इसके लिए शीघ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करेगी

उन्होंने कहा कि विकास को लाभ सर्वाधिक जरुरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए दिल्ली में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी से आशा से अधिक परिणाम मिले हैं